महिला जवानों को किया गया तैनात और पटना में बढ़ी ठंड अगले बहत्तर घंटे में और गिरेगा तापमान

इसमें निजी डाटा लीक होने पर तीन साल तक की जेल और पन्द्रह करोड़ रूपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है बिल को संसद के इसी सत्र में पेश किया जायेगा वहीं लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण देने वाली व्यवस्था को भी और दस वर्ष के लिए बढ़ाए जाने को मंजूरी दे दी है भारत बॉण्ड एक्सचेंज ट्रेडिंग कोष को भी स्वीकृति दी गई है इसके जरिये सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सरकारी संगठनों को अतिरिक्त धन मुहैया कराया जा सकेगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने इस बॉण्ड में निवेश की जानकारी दी केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्य में तीन सौ छब्बीस किलोमीटर एनएच परियोजनाओं के लिए लगभग अट्ठाईस सौ करोड़ रूपये की मंजूरी दी गयी है यह राशि पहले से मंजूर किये गये सात सौ पंचानवे करोड़ रूपये से दो हजार पांच करोड़ रूपये अधिक है जो महाराष्ट्र के बाद किसी प्रदेश को मिली सबसे राशि है इस राशि से हाजीपुर मुसरीघरारी बडी बरबीघा शेखप्रा सिमुलतला कटोरिया बिहारशरीफ जहानाबाद समेत कई अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों का चौड़ीकरण किया जायेगा समस्तीपूर में अपराधियों द्वारा एक युवती की जलाकर हत्या करने के मामले में एफएसएल की टीम ने घटनास्थल पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है वहीं बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना क्षेत्र के कुकुढ़ा गांव में एक युवती की हत्या मामले में आरोपियों की जानकारी देने वालों को पचास हजार रूपये के इनाम दिये जाने की घोषणा की गयी है पूलिस महानिदेशक ग्रुप्तेश्वर पांडेय ने कहा है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और चौकीदारों को भी विशेष नजर बनाये रखने को कहा गया है पूर्णिया जिले से सटे नेपाल सीमा पर जाली नोटों की तस्करी को देखते हुए एसएसबी ने अलर्ट जारी किया है बटालियन के कमांडेंट मुकेश त्यागी ने बताया कि जाली नोटों की तस्करी में महिलाओं की संलिप्तता को देखते हुए महिला बटालियन की तैनाती की गयी है कमांडेंट ने कहा कि जोगबनी नेपाल सीमा के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में चौकसी बरती जा रही है जबकि अंठावन किलोमीटर सीमा क्षेत्र के सत्रह चेक पोस्ट पर तैनात जवानों को अलर्ट पर रखा गया है राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के बीएड कॉलेजों में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा की जिम्मेवारी मिथिला विश्वविद्यालय को दी गयी है कुलाधिपति फागू चौहान ने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को नोडल विश्वविद्यालय बनाया है प्रवेश परीक्षा का औपबंधिक कार्यक्रम भी जारी कर दिया गया है शिक्षा विभाग ने कहा है कि अगले वर्ष अप्रैल महीने से पंचायतों में वर्ग नौ की पढ़ाई शुरू नहीं होने पर जिले के डीईओ और डीपीओ पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी अपर मुख्य सचिव आर के महाजन ने बताया कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को स्मार्ट क्लास की सुविधा भी मिलेगी उन्होंने कहा कि स्कूल बनाने के लिए किसी भी प्रकार के विवाद को सुलझाने की जिम्मेवारी डीईओ को दी गयी है राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश में ठंड बढ़ गयी है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले बहत्तर घंटे में दिन और रात का तापमान और गिरेगा विभाग के अनुसार इससे ठिठुरन बढ़ेगी और सुबह में कोहरा घना होने की संभावना है मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पछुआ हवा प्रदेश के अधिकतर भागों में अभी जारी रहेगी जिससे ठंड और बढ़ेगी वहीं पटना का उच्चतम तापमान सामान्य से एक डिग्री कम पच्चीस दशमलव दो डिग्री रिकार्ड किया गया है इधर कोहरे को लेकर रेलवे ने इकतीस जनवरी तक हटिया आनंद विहर संतरागाछी आनंद विहार सम्पूर्ण क्रांति एक्सप्रेस पटना रांची और हावड़ा पटना जनशताब्दी समेत कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया है साथ ही कुछ ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया है तूर्की से चार हजार टन प्याज अगले वर्ष मध्य जनवरी तक आ जायेगा केन्द्र सरकार ने कहा है कि सरकारी कंपनी एमएमटीसीने प्याज का आयात आर्डर दे दिया है उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने एक समन्वय समिति बनाई है जो प्याज के आयात और इसे देश के विभिन्न भागों में पंहुचाने की पूरी प्रक्रिया पर निगरानी रखेगी जबलपुर में खेली जा रही राष्ट्रीय स्कूली कराटे चैम्पियनशिप के बालक वर्ग में बिहार ने एक रजत समेत चार पदक जीते हैं अंडर सेवेंटीन चालीस किलो भार वर्ग में चंदन कुमार ने रजत पदक प्राप्त किया हरियाण के करनाल में आयोजित आईटा टैलेंट सीरीज टेनिस चैम्पियनशिप के अलग अलग वर्गों में बिहार के कार्तिकेय अगासी और हर्ष अगासी फाइनल में पहुंच गये हैं राज्य के टीबी से प्रभावित पचपन गांवों को पूरी तरह रोगमुक्त बनाने के लिए केन्द्र सरकार ने सभी जांच उपकरण से लैस दो बसों को भेजा है अत्याध्रनिक उपकरण से लैस यह मोबाईल वेन अगले अठारह महीनों तक इन गांवों में जायेगी जहां यक्ष्मा मरीजों की जांच की जायेगी जांच में मरीज मिलने पर उन्हें नजदीक के स्वास्थ्य केन्द्रों पर इलाज के लिए भेजा जायेगा वैशाली जिले में अपराधियों ने लगभग साढ़े सोलह लाख रूपये से भरा एटीएम उखाड़ लिया और उसे लेकर फरार हो गये वहीं जिले के पुलिस अधीक्षक ने गश्ती के दौरान लापरवाही बरतने के आरोप में गश्त प्रभारी समेत पूरी टीम को निलंबित कर दिया कैमूर जिले में प्रभारी एसपी सुजीत कुमार ने दुष्कर्म के एक मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मोहनिया के थानाध्यक्ष सुरेश कुमार को निलंबित कर दिया है वनरक्षी परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले तिरसठ अभ्यर्थियों के खिलाफ केन्द्रीय चयन पर्षद ने पटना के शास्त्रीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की है इन आवेदकों पर स्वयं के बदले दूसरे को परीक्षा में शामिल कराने का आरोप है पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में शराब पीकर हंगामा कर रहे आठ युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया जिन्हें बाद में जेल भेज दिया गया सीतामढ़ी जिले में उप विकास आयुक्त ने कार्य में लापरवाही के आरोप में नौ आवास सहायकों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है सुपौल जिले के मंडल कारा में पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से छापेमारी की दल ने कारा के अंदर से मोबाईल और चाकू बरामद किया है पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने अवैध खनन में लगे चौदह वाहनों को जब्त किया है आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है नागरिकता बिल कैबिनेट से पास निजी डाटा लीक होने पर जेल पन्द्रह करोड़ जुर्माना दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से सुर्खी दी है पूरी दुनिया करेगी बिहार का अनुसरण प्रभात खबर का शीर्षक है प्याज का लगा शतक तो चिकेन की बिक्री चालीस प्रतिशत गिरी दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है बक्सर जैसी दरिंदगी अब समस्तीपुर में वहां युवती का पैर बचा था यहां सिर्फ हाथ आज अखबार ने हाजीपुर में सत्रह लाख नकद सहित एटीएम उखाड़ ले गये चोर को अपनी सुर्खी बनायी है और अब अंत में मुख्य समाचार केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने डाटा संरक्षण विधेयक को दी मंजूरी

महिला जवानों को किया गया तैनात और पटना में बढ़ी ठंड अगले बहत्तर घंटे में और गिरेगा तापमान